मिशन कर्मयोगी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए ऐसे भारतीय लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक रचनात्मक चिंतनशील नवाचारी पेशेवर और तकनीकी रूप से सक्षम हों मसूरी स्थित लाल बहाद्र शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के निदेशक डॉक्टर संजीव चोपड़ा ने मिशन कर्मयोगी की सराहना की उन्होंने कहा कि कर्मयोगी नाम सिविल सर्विसेज के प्रशिक्षुओं को बताता है कि वो एक कर्मयोगी हैं इससे उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरणा मिलेगी

मरीजों के उपचार के लिए संसाधन की कोई कमी नहीं है वहीं ग्रूवार को चमोली जिले में एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है यह व्यक्ति पहले से ही फैसिलिटी क्वारंटीन में था

कंटेनमेंट जोन का विरोध अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण में कंटेनमेंट जोन को लेकर विरोध करने पर सौ लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है सल्ट के उपजिलाधिकारी राहल साह ने बताया कि भिकियासैंण में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग डेढ़ दर्जन तक पहंच गयी है एक सितम्बर को आठ मामलों के सामने आने के बाद गांधीनगर वार्ड को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाये जाने का फैसला किया गया उन्होंने बताया कि इसी को लेकर कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया भतरौंजखान थाना के प्रभारी अनीस अहमद ने बताया कि प्रशासन के निर्देश पर गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में सौ लोगों के खिलाफ महामारी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है इनमें पांच लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है सेब तडाई प्रदेश में सेब की तुड़ाई शुरू हो च्की है सरकार ने किसानों को पेटियां उपलब्ध करा दी हैं राज्य के उदयान मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि सेब की पैदावार इस बार बहत अच्छी हई है राज्य में दो लाख इकसठ हजार के की डिमांड थी तीन लाख बॉक्स मंगवाये गए हैं उन्होंने बताया कि जितनी किसानों की डिमांड थी उतने बॉक्स उन तक पहुंचाये जा च्के हैं अब सरकार का पूरा फोकस सेब की ब्रांडिग पर है सरकार ने इसको लेकर कार्य योजना तैयार की है मौसम अलर्ट राज्य में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है

पंचप्यारों की अगवाई में गोविंदघाट ग्रुद्वारे से श्रद्धाल्ओं पहला जत्था हेमकंड के लिए रवाना हआ हेमकंड साहिब के कपाट कल ख्लेंगे यहां सभी व्यवस्थाएं द्रुस्त कर ली गई हैं

ड्रू नेट और एन्टिजन टेस्ट की रिपोर्ट मान्य नहीं होगी पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट वाले श्रद्धाल्ओं को ही यात्रा की इजाजत मिलेगी

यात्रा के दौरान ग्रूदवारों में शारीरिक द्वरी मास्क पहनना और कोविड के सभी नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा

टैम्पलेट बागेश्वर बागेश्वर में ऑनलाइन पढ़ाई के विकल्प के रूप में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान ने अभ्यास पत्रक यानी टैम्पलेट विकसित किए हैं

विषय विशेषज्ञों ने बताया कि जिले का अधिकांश भू भाग संचार सेवा से अभी नहीं ज्ड़ सका है इसलिए यहां ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है

स्वमूल्यांकन के प्रश्न भी दिए गए हैं

हिंदी गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान विषय प्स्तक में शामिल किए गए हैं इस प्स्तक को तैयार करने में विषय विशेषज्ञों की मदद ली गई है डायट के प्रभारी प्राचार्य डा शैलेंद्र धपोला ने कहा कि यह प्स्तक इंटरनेट से वंचित बच्चों के लिए बेहतर साबित होगी

इससे मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले देश के करोड़ों लोगों के हितों की रक्षा होगी यह कदम भारतीय साइबर क्षेत्र की सुरक्षा संरक्षा और संप्रभूता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन एप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला विभिन्न सूत्रों से इनके बारे में डेटा चोरी की शिकायतें मिलने के बाद किया है मंत्रालय ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला था जिस पर ध्यान देने और तत्काल उपाय करने की आवश्यकता थी पोषण माह रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आज अगस्त्यम्नि के आंगनबाड़ी केन्द्र पर पोषण माह में होने वाली गतिविधियों का श्भारम्भ किया गया बाल विकास परियोजना अधिकारी शैली प्रजापति ने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्र गंधारी गीड़ घिमतोली अपर बाजार पल्या गांव चन्द्राप्री रामप्र में पोषण य्क्त खाद्य सामग्री फल सब्जियों आदि की रंगोली बनाकर आम जनमानस को पोषण तत्वों की जानकारी दी गई साथ ही स्वच्छता के विषय में भी जागरूक किया गया इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को एनीमिया से बचने की भी जानकारी दी गई धात्री माताओं को स्तनपान के महत्व और बोतल से दृध न पिलाने की सलाह दी गई पीरूल हस्तशिल्प अल्मोड़ा जिले के दवाराहाट में पीरूल के उपयोग से स्थानीय महिलाओं को हस्तशिल्प कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि हिमालय पाईन संस्था महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है पीरूल से सजावट का सामान और आभूषणों का उत्पादन किया जा रहा है